उपराष्ट्रपति प्रवास उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर आज शाम रायपुर पहुंचे स्वामी विवेकानंद विमानतल पर राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा मुख्य सचिव आरपी मंडल और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे श्री नायडू आज रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे वे सुबह हेलीकॉप्टर से ओड़िशा के बलांगीर जाएंगे जहां एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उपराष्ट्रपति दोपहर को रायपुर पहुंचेंगे श्री नायडू दोपहर बाद रायपुर में आयोजित भारतीय आर्थिक संघ के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उईके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर कौशिक बसु प्रोफेसर महेन्द्र देव डॉक्टर जी विश्वनाथन तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा उपस्थित रहेंगे आदिवासी नृत्य महोत्सव राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कल से राजधानी रायपुर के साईस कॉलेज मैदान में शुरू होगा इस राष्ट्रीय महोत्सव का शुभारंभ कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ के मौके पर लद्दाख सिक्किम अरूणाचल प्रदेश बेलारूस और छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने आज रायपुर में बताया कि छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव देश में इस तरह का पहला आयोजन है

वहीं कल रात आठ बजे से थाईलैंड बांग्लादेश बेलारूस मालदीव और युगांडा से आमंत्रित कलाकारों द्वारा गैर प्रतियोगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी महोत्सव में उनतालीस जनजातियां चार विभिन्न विधाओं में तैंतालीस से अधिक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन करेंगी इस बीच भारत में यूनाईटेड मिशन की प्रमुख यूएन रेजिडेंट कोऑडिनेटर रेनाटा लोक डेसालियन राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने आज रायपुर पहुंची महापौर अध्यक्ष निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम के महापौर और अध्यक्ष नगर पालिक परिषद तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के निर्वाचन के लिए निर्वाचित पार्षदों का पन्द्रह दिन के भीतर सम्मेलन बुलाने के लिए सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है वहीं आयोग ने सुकमा जिले के नगर पंचायत दोरनापाल के वार्ड क्रमांक चौदह में पार्षद पद के उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है यहां इक्कीस जनवरी को मतदान होगा जबकि मतगणना तेईस जनवरी को की जाएगी गौरतलब है कि इस वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी की मृत्यु के कारण चुनाव को रद्द कर दिया गया था इस बीच नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है वीरता पुरस्कार छत्तीसगढ़ की दो बालिकाओं धमतरी जिले की भामेश्वरी निर्मलकर और सरगुजा जिले की कांति सिंग को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा यह पुरस्कार अगले साल जनवरी में भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया जाएगा दोनों बालिकाओं को राष्ट्रीय वीरता प्रस्कार देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने अनुशंसा की थी धमतरी जिले के ग्राम कानीडबरी की भामेश्वरी निर्मलकर ने बारह साल की उम्र में बहादुरी का परिचय देते हुए अपने गांव की दो बालिकाओं को तालाब मे डूबने से बचाया था वहीं सरगुजा जिले के ग्राम मोहनपुर की सात साल की कांति सिंग ने अपनी तीन साल की छोटी बहन को जंगली हाथियों के हमले से बचाया था नागरिकता संशोधन कानून रैली नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने के समर्थन में आज राजधानी रायपुर में एक विशाल रैली निकाली गई और एक सभा का आयोजन किया गया इसमें सभी धर्म जाति और सम्प्रदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हए राजधानी के बुढ़ापारा स्थित धरनास्थल में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने लोगों से किसी तरह के भ्रम में नहीं आने की अपील करते हुए कहा कि यह कानून देश हित में जरूरी है उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा है वक्ताओं ने अपील की है कि वे देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के प्रयासों को सफल न होने दें छत्तीसगढ़ झांकी गणतंत्र दिवस पर छब्बीस जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की समुद्व कला और संस्कृति के रंग बिखरेंगे इसके लिए राज्य की झांकी को रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने मंजूरी दे दी है छत्तीसगढ़ के पारंपरिक शिल्प और आभूषणों की विषय वस्तु पर आधारित झांकी को पांच राउंड की कठिन चयन प्रक्रिया के बाद अंतिम स्वीकृति मिली है झांकी के साथ पच्चीस आदिवासी नर्तकों का एक दल भी होगा यह दल झांकी के साथ माड़िया नृत्य करेगा बाद में यही दल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने भी अपनी लोक नृत्य कला को प्रदर्शित करेगा सूर्य ग्रहण साल का अंतिम आंशिक सूर्य ग्रहण आज कई देशों के साथ भारत में भी देखा गया ये ग्रहण वलयाकार था ऐसा तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केन्द्र को ढक लेता है और सूर्य का केवल बाहरी किनारा नजर आता है और रिंग ऑफ फायर यानी वलयाकार हो जाता है सूर्यग्रहण के बाद लाखों श्रद्दालुओं ने नदियों में ड्बकी लगाई इधर छत्तीसगढ़ में बदली बारिश के कारण लोग सूर्यग्रहण का नजारा नहीं देख पाए नगर निगम में सूर्यग्रहण की रोमांचक खगोलीय घटना को दिखाने के लिए विज्ञान सभा द्वारा टेलीस्कोप लगाया गया था इस मौके पर विशेषज्ञों ने सूर्यग्रहण को लेकर फैले भ्रम के बारे में लोगों के सवालों के जवाब भी दिए मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है वहीं प्रदेश में अधिकतर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान यही स्थिति बने रहने की संभावना जताई है

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए बने परिसरों में धान को सुरक्षित रखने में समिति प्रबंधन जुटे हुए हैं परिवहन के अभाव में खुले में पड़े धान के बोरों को बचाने की कवायद की जा रही है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गरियाबंद जिले ग्राम बारूका में लोक गायक मिथलेश साहू के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने आज दो स्थायी वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष दो हजार उन्नीस के नारी शक्ति पुरस्कार के लिए अगले सात सात जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सहायक पुलिस महानिरीक्षक मयंक श्रीवास्तव को स्पोर्टस प्रमोशन अधिकारी नियुक्त किया है राज्य स्तरीय विज्ञान पहेली प्रतियोगिता परीक्षा आगामी उनतीस दिसम्बर को रायपुर के प्रोफेसर जेएन पाण्डे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में की जाएगी